कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह को गृह विभाग में लगाया गया है वहीं आईएएस समित शर्मा को जोधपुर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है जयपुर जिला कलक्टर डॉ जोगाराम का तबादला आबकारी विभाग में किया गया है उनके स्थान पर अंतर सिंह नेहरा को जयपुर कलक्टर बनाया है

देशभर में इस तरह के रोगियों का बडी संख्या में पता चलने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किये गये है मंत्रालय ने यह भी कहा है कि एचआईवी कैंसर और अंग प्रतिरोपण वाले मामलों में घर पर क्वारेन्टीन की इजाजत नहीं होगी

मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि ऐसे कोविड रोगियों की देखभाल करने वाले और घनिष्ठ संपर्क में आने वालों को डॉक्टर की सलाह पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा दी जानी चाहिए मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड संकमित रोगियों में गंभीर लक्षण दिखाई देने पर उन्हें तत्काल डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए

गौरतलब है कि ये योजना लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के लिए शुरू की गयी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाल अधिकारों की रक्षा तथा उन्हें देश का सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए समर्पित है उन्होंने बीते एक वर्ष में बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए आयोग की सराहना की आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि विजन डॉक्युमेंट में आयोग द्वारा एक वर्ष में बच्चों को सशक्त बनाने की दिशा में किए गए कार्यों नवाचारों तथा सफलताओं को दर्शाया गया है

साथ ही सूची में किसी प्रकार का संशोधन अथवा आपत्तियां भी आज स्वीकार की जाएंगी

उन्होंने कहा कि यह कदम देशवासियों के निजी डेटा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया श्री प्रसाद ने कहा कि भारत शांति चाहता है लेकिन अगर किसी ने उसे आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जायेगा

इस दौरान राज्य सरकार के मंत्री जनप्रतिनिधि और अधिकारियों सहित कई लोग मौजुद रहे इस दौरान शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि शहीद के परिवार के बच्चों की शिक्षा निशुल्क होगी साथ ही गांव में स्थित सीनियर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम शहीद दीपचंद के नाम पर किया जायेगा वहीं विधायक महादेव सिंह खण्डेला ने विधायक कोटे से शहीद स्मारक बनवाने की घोषणा की सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि जल्द ही शहीद परिवार को केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि मुहैया कराई जायेगी